कोरोना पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाडे के तहत लोगों को किया जा रहा है सचेत

विश्व पृथ्वी दिवस आज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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अस्पतालों में ऑक्सीजन वेंटीलेटर और जीवन रक्षक दवाइयों सहित सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं कुछ जिलों में ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी खबरें आने पर वहां आसपास के जिलों से सहायता पहुंचाई जा रही है कोटा में पड़ौसी जिले बूंदी से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए हैं बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बैडों की संख्या बढ़ा दी गई है अब वहां आठ सौ बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा है

उदयपुर में दरीबा माइस और पड़ौसी जिलों से ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है

इस संबंध में चिकित्सा मंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से दूरभाष पर बात की और पत्र लिखकर राज्य का कोटा बढ़ाने का निवेदन किया

डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमेडिसविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन उन्हें घबराहट होती है

डॉ गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है

इसी के तहत आकाशवाणी जयप्र के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

इसी कम में कल भी जिलों में कार्रवाई की गई

बांसवाड़ा में घर घर सैम्पलिंग बढ़ाने और निगरानी के लिए चिकित्सकों की टीमें लगाई गई हैं बूंदी में भी लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए तीन स्थानों को माइको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है बारां में सात स्थानों को माइको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है

जिले में पान मसाला की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई

कोरोना काल में पृथ्वी दिवस की महत्ता और भी बढ़ जाती है जब स्वच्छता जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को लेकर विश्व के सभी देश एक मंच पर आकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से साथ आकर धरती का कर्ज चुकाने और पर्यावरण को बचाने की अपील की है